राज्यपाल ने इस अस्पताल के परिसर में स्वास्थ्य शिविर का भी जायजा लिया उन्होंने मानसिक रोगियों को कौशल विकास में और उनके रुचि के कार्यक्रमों में व्यस्त रखने का सुझाव दिया राज्यपाल ने इसमें गैर सरकारी संगठनों को भी शामिल करने का सुझाव दिया उन्होंने मानसिक रोगियों की चिकित्सा और पूर्नवास पर जोर दिया केंद्रीय खेल और युवा मामला राज्य मंत्री किरेन रिजिज् ने कहा है कि राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार की ओर से पर्याप्त धनराशि आवंटित की जा रही है इसके बावजूद योजनाओं के क्रियान्वयन में समस्या के कारण विकास प्रभावित हो रहा है वेस्ट सियांग जिले के राजकीय अपर प्राईमरी स्कूल अंगु के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए श्री रिजिज्ञ ने कहा कि इस विद्यालय ने प्रदेश को कई अधिकारी और शिक्षाविद प्रदान किया है केंद्रीय मंत्री ने इस अवसर पर नवनिर्मित स्कूल भवन का भी उद्घाटन किया इस अवसर पर राज्य के शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर उद्योग मंत्री तुमके बागरा विधायक केंतों जिनी और गोकर बासर मौजूद थे लेपा रादा जिले के बासार में आयोजित छठवां राज्य स्तरीय इंडीजिनस यूथ फेस्टिवल कल संपन्न हो गया इस महोत्सव के समापन समारोह में केंद्रीय खेल और युवा मामला राज्य मंत्री किरेन रिजिजू सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे अपने संबोधन में किरेन रिजिजू ने युवाओं से मूल जनजातिय कला और संस्कृति को संरक्षित रखने के अलावा सभी धर्मों और उनकी पंरपराओं का सम्मान करने की अपील की उन्होंने कहा कि पैन अरुणाचल की पहचान को बनाए रखने के लिए सभी को मिलजुल कर काम करना होगा सिखों के पहले गुरु और सिख पंथ के संस्थापक गुरु नानक देव जी की पांच सौ पचासवीं जयंती प्रकाश पर्व के रुप में आज श्रद्धा और उल्लास के साथ मनायी जा रही है अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को फूलों से सजाया गया है अमृतसर समेत कई शहरों में कल नगर कीर्तन निकाला गया

इस अवसर पर राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा और राजधानी क्षेत्र में निवास करने वाले गुरु नानक देव जी के अनुयायी मौजूद थे प्रकाश पर्व के मौके पर निशांत साहिब के सेवा के बाद पाठ और कीर्तन आयोजित किया गया अपने संबोधन में राज्यपाल ने गुरु नानक देव जी द्वारा दिखाये गए मार्ग का अनुसरण करते हुए लोगों से गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों की सहायता करने की अपील की राज्यपाल ने मानवता की सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताते हुए इसे समाज में सुख शांति और समृद्धि में सहायक बताया ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट स्थित गुरुद्वारे में प्रकाश पर्व के अवसर बड़ी संख्या में श्रद्वालुं जमा हुए इस अवसर पर सवद कीर्तन के अलावा लंगर लगाया गया लोगों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हुए समाज में सुख शांति और समृद्धि की कामना की किसानों को उन्नत तरीके से खेती और बागवानी के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इंफाल द्वारा ईस्ट सियांग जिले के बागवानी एवं वानिकी महाविद्यालय पासीघाट में आयोजित कृषि मेले में किसान और छात्र महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर रहे है इस कृषि मेले में पूर्वोत्तर के अलावा देश के कई कृषि विश्वविद्यालयों के स्टॉल लगे हुए है जहां पर किसान कृषि उपकरणों और खेती की वैज्ञानिक प्रणाली के बारे में जानकारी ले रहे है इस अवसर पर प्लास्टिक के विकल्प के बारे में भी किसानों को जानकारी दी जा रही है ताकि वे इस क्षेत्र में स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर स्वरोजगार के अवसर का लाभ उठा सके आज लोक प्रसारण दिवस है

इसने केंद्र सरकार से मुंबई के टाटा मेमोरियाल सेंटर के नेटवर्क का विस्तार कर किफायती और गुणवत्तापूर्ण देखभाल के लिए आधुनिक तकनीकों से युक्त कैंसर अस्पतालों की संख्या बढ़ाने का अनुरोध किया है ये शिफारिश विज्ञान और तकनिकी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन पर बनी स्थायी समिति ने दिया है

समिति ने पूर्वोत्तर राज्यों में कैंसर के बहुत तेजी से बढ़ते मामलों पर चिंता प्रकट की समिति के प्रमुख जयराम रमेश ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि देश में अड़सठ प्रतिशत से ज्यादा कैंसर रोगियों की मृत्यु हो जाती है